संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया

यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकारी सामाजिक और निजी क्षेत्र के विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह सवा सौ करोड़ देशवासियों का सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्होंने कहा कि यह आदिवासी मछुआरों और किसानों के प्रति सम्मान है इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसे नेता हैं जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों को समझते हैं और जलवायु से मिलने वाले फायदों को जानते हैं श्री मोदी जलवायू परिवर्तन की चुनौतियों का हल निकालने के प्रयास कर रहे हैं कार्यक्रम को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी संबोधित किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई न्यायमूर्ति गोगोई ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का स्थान लिया है जो कल सेवानिवृत हो गए

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अरूण जेटली सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे

ट्रांसमीटर के श ुरू होने के बाद सिवनी और इसके आसपास के दस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग एफएम कार्यक्रमों का प्रसारण सुन सकेंगे इस मौके पर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के अपर महानिदेशक पश्चिम क्षेत्र एसके अरोरा सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद थे

अधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि इस दौरान उड़द पांच हजार छह सौ रूपये मूंग छह हजार नौ सौ पिचहत्तर रूपये मूंगफली चार हजार आठ सौ नब्बे रूपये और तिल की खरीदी पांच हजार छह सौ पिचहत्तर की दर से की जाएगी जबकि सोयाबीन की खरीदी तीन हजार तीन सौै नियानवे और मक्का एक हजार सात सौ रूपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर खरीदी जाएगी समर्थन मूल्य पर खरीदी से प्रदेश के पच्चीस लाख किसान लाभान्वित होंगे आशा प्रदर्शन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा और ऊषा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है सैकड़ों आशा और ऊषा कार्यकर्ताएं दो दिन से राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित पॉलीटेक्निक चौराहे पर प्रदर्शन कर रही हैं ये कार्यकर्ता अपना मानदेय बढ़ाने और नियमित किए जाने की मांग पर अड़ी हैं कई कार्यकर्ता रात भर सड़कों पर ही सोई इनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सभी कर्मचरियों को सम्मानजनक वेतन के साथ अन्य लाम भी दिए जा रहे हैं लेकिन इन कार्यकर्ताओं को इन दोनों ही से वंचित रखा गया है गोल्ड मेडल कटनी जिले की पॉवर लिफ्टर चारूसीता तिवारी ने उत्तरप्रदेश के लखनऊ में आयोजित पॉवर लिफटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है

अहमदाबाद एक्सप्रेस उच्च शिक्षा एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री जयभान सिंह पवैया आज शाम ग्वालियर में अहमदाबाद एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे यह ट्रेन ग्वालियर से हर हफ्ते बुधवार शनिवार और रविवार को अहमदाबाद के लिये चलेगी अहमदाबाद से ग्वालियर के लिये ट्रेन मंगलवार शुक्रवार और शनिवार को आयेगी अमी तक यह ट्रेन आगरा फोर्ट से अहमदाबाद तक चलती थी